प्रदेश के अधिकांश जिलों में हो रही है बारिश

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार के इस कदम से किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी और इससे कृ षि में निवेश भी बढ़ेगा उन्होंने कहा कि किसानों की अच्छी कीमत मिलने के भरोसे से खेती का उत्पादन भी बढ़ेगा

राहुल गांधी राहुल गांधी ने आज आधिकारिक रूप से कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया है

श्री गांधी ने अपने ट्वीटर हैंडल पर अपना त्यागपत्र डालते हुए कहा है कि अध्यक्ष के रूप में पार्टी की सेवा करना उनके लिए गर्व की बात थी पार्टी के मूल्य और आदर्श राष्ट्र के लिए जीवन रेखा का काम किया है अपने त्याग पत्र में राहुल गांधी ने कहा है कि वे लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के लिए जिम्मेदार है उन्होंने कहा है कि भविष्य में कांग्रेस की मजबूती के लिए जवाबदेही अत्यंत महत्वपूर्ण है इसीलिए वे पार्टी अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे रहे हैं राहल गांधी ने कहा है कि उनकी लड़ाई कभी भी राजनीतिक शक्ति के लिए नहीं रही है और भाजपा के खिलाफ उनके मन में कोई नफरत नहीं हैं इससे पहले संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा है कि उनके उत्तराधिकारी के बारे में फैसला करने के लिए पार्टी की कार्यकारिणी समिति की शीघ्र बैठक होनी चाहिए दूसरी ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे दे दिया है हालांकि उनके इस्तीफे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है

गए आधिकारिक जानकारी के मुताबिक अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन पीसी मीना ने सभी अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव और सचिव को पत्र भेजकर नस्तियों का परिचालन ई ऑफिस कार्य प्रणाली पुस्तिका के अनुसार मंत्रालय की वेबसाईट पर प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं

शासन ने कल इसके आदेश जारी किये

इस सीमा में वेतन कृषि और व्यवसाय सहित सभी स्त्रोतों की आय शामिल है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 हालांकि जिन शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले हो चुके हैं उनमें आरक्षण अगले वर्ष से लागू होगा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

जबलपुर से आकाशवाणी संवाददाता ने बताया कि जिले में मॉनसुन सकिय हो गया है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

छतरपुरगुनानीमचकटनी नरसिंहपुर उमरिया सहित विभिन्न जिलों में बारिश होने के समाचार मिले हैं

बांध टूटा महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश के कारण रत्नागिरी जिले में तिवारे बांध टूट गया है

एनडीआरएफ का बचाव दल पुलिस और प्रशासन बचाव कार्य में लगे हुए हैं गुप्त नवरात्रि आज से गुप्त नवरात्रि शुरू हो गई है इस दौरान आगरमालवा जिले के नलखेड़ा स्थित बगलामुखी मंदिर में देषभर से श्रद्धालु दर्षनार्थी आते हैं इसे देखते हुए विषेष तैयारियां की गई है वर्षभर में आने वाली चार नवरात्रि में यहां दर्षनार्थी भक्तों के साथ ही तांत्रिकों का भी जमावड़ा रहता है नवरात्रि के दौरान नौ दिनों तक देवी का श्रृंगार किया जाएगा वही पूजा पाठ जप तप हवन के विषेष अनुष्ठान होंगे